सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता द्वारा अयोध्या भूमि विवाद मामले को सुलझाने के फैसले को रखा सुरक्षित

प्रदेश में अगले साल तक सौर ऊर्जा से पैदा होने लगेगी दस हजार मेगावाट से अधिक बिजली

इसकी स्वच्छता की सराहना अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण दो हजार उन्नीस के पुरस्कार वितरण के दौरान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे संपन्न हुए प्रयागराज में आयोजित कुंभ की विशालता और दिव्यता के साथ साथ वहां की स्वच्छता की चर्चा और सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है

इस सर्केक्षण में शीर्ष शहरों को स्वच्छता की दिशा में काम करने के लिये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार उन्नीस के अन्तर्गत देश में सभी शहरी निकायों को शामिल किया गया है इस प्रकार यह विश्व में सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण हो गया है इन्दौर को लगातार तीसरे साल सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है श्री कोविंद ने उन सबकी सराहना की जो देश में स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे है उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुंभ मेले के स्वच्छता कर्मचारियों के लिए बनाए गए कल्याण कोष में अपनी निजी आय से इक्कीस लाख रूपये दान किए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की ट्वीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने सोल शांति पुरस्कार में मिले एक करोड़ रूपये भी नमामि गंगे परियोजना को दान किए थे

न्यायालय अपना फैसला बाद में सुनाएगा प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि न्यायालय मामले की गंमीरता को समझता है वह यह भी समझता है कि इस मामले में मध्यस्थता का देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा न्यायालय ने संबंधित पक्षों से कहा कि वे इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का प्रयास करें क्योंकि यह मामला लोगों की आहत भावनाओं को राहत पहंचाने से भी जुड़ा है शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्ष दो हजार दस के फैसले के खिलाफ दायर चौदह याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है

इस अवसर पर श्री शहरयार ने कहा कि देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए रेडियो सबसे अच्छा माध्यम है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपने मन की बात के लिये रेडियो को चुना है यह सही बात करता है और सही खबरे देता है

महिला अधिकारियों को अब जज एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर की मौजूदा दो शाखाओं के अतिरिक्त सिग्नल्स इंजीनियर्स सेना उड्डयन सेना वाय रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स सेना सेवा कोर सेना आयुध कोर और खुफिया सेवा में स्थायी कमीशन मिलेगा शार्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारी सेवा के चार वर्ष परे करने से पहले स्थाई कमीशन के लिए विकल्प देगी उनके पास स्थाई कमीशन और विशेषज्ञता के लिए चयन का विकल्प होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में सशस्त्र सेनाओं की महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन दिए जाने की घोषणा की थी रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कल वाराणसी और दरभंगा के बीच अन्त्योदय साप्ताहित एक्सप्रेस ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया उन्होंने इस गाड़ी की शुरूआत गाजीप्र से वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया यह रेलगाड़ी तेरह मार्च से हर बुधवार को दरमंगा से रात्रि आठ बजकर पचपन मिनट और हर बुहस्पतिवार को वाराणसी सिटी स्टेशन से प्रातः नौ बजकर पन्द्रह मिनट पर नियमित रूप से संचालित होगी इस अवसर पर उन्होंने करोड़ों रूपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया प्रदेश के गैर पारम्परिक ऊर्जा मंत्री बुजेश पाठक ने कहा है कि अगले साल तक राज्य में सौर ऊर्जा से दस हजार से मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन होने लगेगा उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में पारम्परिक बिजली उत्पादन के तरीकों की जगह सौर ऊर्जा और वायोफ्यूल का इस्तेमाल शुरू हो जायेगा श्री पाठक कल लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर जोर दे रही है राजधानी में विधान भवन और लोकभवन को सौर ऊर्जा से पूरी तरह रौशन करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है श्री पाठक ने बताया कि आठ मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कानपुर में दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के दौरान नौ हजार तीन सौ करोड़ रूपये के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों संबंधी परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे सरकार देशभर में आज जनऔषधि दिवस मना रही है देश के साढ़े छह सौ जिलों में पांच हजार से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केन्द्र काम कर रहे हैं नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में रसायन और उरर्वक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पूरे देश के पांच हजार जन औषधि केन्द्रों को सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत पिछले चार वर्षो में इकसठ लाख से अधिक नौकरियों का सृजन किया गया है जून दो हजार पन्द्रह में शुरू की गई इस योजना के तहत कम लागत पर मकान उपलब्ध कराए जाते हैं आवास और शहरी कार्य मेंत्री हरदीप सिंह प्री ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस योजना के अंतर्गत लगभग अट्ठारह लाख नौकरियां प्रत्यक्ष रूप से जबकि बयालिस लाख नौकरियां परोक्ष रूप से सृजित की गई हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई ने केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की इस साल जुलाई की परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि बारह मार्च तक बढ़ा दी है अब उम्मीदवार परीक्षा शुल्क इस महीने की पन्द्रह तारीख तक जमा करा सकते हैं बारहवीं केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा इस साल सात ज्लाई को आयोजित की जाएगी सरकार ने कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन के वास्ते वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक योजना शुरू की है इस योजना की शुरूआत यूरोप उत्तरी अमरीका और क्छ अन्य देशों को कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है परिवहन और विपणन सहायता योजना टीएमए के तहत सरकार माल भाड़ा दरों के एक हिस्से का भुगतान करने के साथ कृषि उत्पादों के विपणन में सहायता देगी